भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज सुंदरनगर करसोग व गडसा क्षेत्र में जनसभा को सम्बोधित करेंगे उनके साथ मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहेंगे वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा आज नाचन विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को सम्बोधित करेंगे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकर जसवां परागप्र विधानसभा क्षेत्र जबकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे इसी तरह शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप जुब्बल कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र के कई स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे जबकि शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कर्नल धनीराम शांडिल आज ठियोग विधानसभा क्षेत्र के कंदरू देवरीघाट शिलारू सड़ोग और शिमला में चुनाव प्रचार करेंगे इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स भी उनके साथ मौजूद रहेंगे

इस चरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी सहित कई दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं

आरोप भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि पहले भारत और फिर इसी नाम से इंग्लैंड में बनी कंपनी बैकॉप्स लिमिटेड से अपने समबंधों का खुलासा करें मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद तो बिना प्रमाण के आरोप लगाते हैं जिसे सीएजी और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है उन्होंने अमेठी में किसानों की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव अभियान जिस तरह से गति पकड़ रहा है भाजपा नेताओं की बौखलाहट बढ़ने लगी है भाजपा नेता ऐसे आचरण पर उतर आए हैं जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर कथित अभद्र टिप्पणियां न करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कौन नेता प्रचार करेगा और किस बड़े नेता की रैली होगी यह कांग्रेस पार्टी तय करेगी चनाव बैठक मण्डी संसदीय क्षेत्र के केन्द्रीय व्यय पर्यवेक्षक सुरेश लखावत ने कल कुल्लू में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यय पर पैनी नज़र रखें ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए जा सकें उन्होंने अधिकारियों को चुनाव व्यय नियंत्रण में निर्वाचन आयोग के निदेशों का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मंडी के सराज क्षेत्र में हुए सड़क हादसे से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है सीएम की रैली में जा रही कार खाई में गिरी भाजपा के पांच कार्यकर्ताओं की मौत पंजाब केसरी का शीर्षक है जनसभा में जा रहे लोगों की कार खड्ड में गिरी पांच की मौत दैनिक जागरण के शब्द हैं चुनावी सभा में जा रही कार खाई में गिरी पांच की मौत दैनिक भास्कर का कहना है खाई में गिरी कार सीएम की रैली में शामिल होने जा रहे छह लोगों की मौत दिव्य हिमाचल के मुताबिक भाजपा की जनसभा को जा रही कार गिरी पांच की मौत जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है खाई में लुढ़की कार पांच की मौत एक घायल बर्फीले रोहतांग को नहीं लांघ पाया चुनावी शोरगुल शीर्षक से अमर उजाला लिखता है लाहौल स्पिति का अभी तक किसी प्रत्याशी ने नहीं किया रुख घाटी में पसरा सन्नाटा

आपका फैसला विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से लिखता है राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणियां न करें मुख्यमंत्री जबकि दिव्य हिमाचल का कहना है हिमाचल को एक नजर से नहीं देखते जयराम कैलेंडर बांटने के मामले में निर्वाचन आयोग को एसपी की रिपोर्ट का इंतजार शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल पर एफआईआर का फैसला आज संभावित

दैनिक भास्कर के अनुसार पर्यटकों के लिये खुला मढ़ी पहले दिन पहुंची सैलानियों की भीड़ आपका फैसला के शब्द हैं रोहतांग दर्रा मढ़ी तक बहाल पहले दिन पहंचे हजारों पर्यटक जबकि अजीत समाचार का शीर्षक है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ी ख्रला